मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से टीकाकरण के अनुभव के बारे में वर्चुअल चर्चा करते हुए यह जानकारी दी

आज भी इतने ही लोगों को टीका लगाया जाएगा

मंत्रालय ने कहा है कि

मुख्यमंत्री बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित हुआ है हमें कुछ और दिन सख्ती करके संक्रमण की चेन को प्ररी तरह तोड़ना है श्री चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया साथ ही लोगों से आग्रह किया कि शादियाँ समारोह आगे बढ़ाएं और अंतिम संस्कार में सीमित व्यक्ति शामिल हों मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि पर्याप्त मिल रहे हैं जहाँ जहाँ आवश्यक हो बेड्स की संख्या बढ़ाई जाये कुछ स्थानों से दवाओं इंजेक्शन आदि की कालाबाजारी की शिकायतें आ रही हैं यह हैवानियत है गड़बड़ करने वालों को छोड़ा न जाए उन पर सख्त कार्रवाई करें निजी अस्पताल मरीजों से अधिक शुल्क न वसूलें यह सुनिश्चित किया जाए इसी कड़ी में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एम्बुलेंस की दरें निर्धारित कर दी गई हैं बैतुल टीका अपील शिक्षाविद एंव पर्यावरणविद तथा जल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बैतूल के रहवासी मोहन नागर ने आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले के आदिवासी ग्रामीण समुदाय से गोंडी भाषा में अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कराने और कोरोना से सावधान रहने की अपील की है

भाजपा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में प्रदेश भाजपा ने कल भोपाल में धरना दिया धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि मानवीयता पर संकट के समय बंगाल में सत्तारूड तृणमुल कांग्रेस के कार्यकर्ता मानवता पर हमले कर रहे हैं उन्होंने कहा कि राज्य में अराजक माहौल है और भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या की जा रही है उन्होंन आरोप लगाया कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि राजनीतिक रंजीश के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है वहीं प्रदेश कांग्रेस के नेता अजय सिंह ने एक बयान में कहा कि जब प्रदेश में पूरी तरह लॉकडाउन है लेकिन ऐसे समय में भी भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने की छूट दी जा रही है जन आंदोलन मंडला के रहने वाले रमेश पाठक ने लोगों को कोरोना के खिलाफ जारी दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है